श्री चौहान सागर जिला मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ शामिल होंगे मुख्यमंत्री योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी करेंगे इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश द्रदर्शन प्रादेशिक टीवी न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारण किया जाएगा इससे पहले श्री चौहान ने सागर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सागर नगर निगम और मकरोनिया नगर पालिका के पंचवर्षीय रोडमैप का प्रजेंटेशन देखा इस दौरान बताया गया कि सागर में एक किकेट स्टेडियम एक इन्डोर स्टेडियम और एक इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है मुख्यमंत्री सागर जिले के सिरोंजा में नवीन ऑटोमेटिक साँची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण सांची के नए शुभंकर और टैग लाइन का अनावरण भी करेंगे महात्मा गांधी श्रद्धांजलि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की वे आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट गये और राष्ट्रपिता को श्रद्वा सुमन अर्पित किये इस अवसर पर यहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बापू की पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया बलिदान दिवस के अवसर पर राज्य में ग्यारह बजे दो मिनट का मौन रखा गया टीकमगढ़ जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में गांधी जी को याद किया गया सतना और शिवपुरी में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

प्रदेश में भी विमिन्न क्षेत्रों के लोग केन्द्रीय बजट से आशाएं लगाये हुए हैं

पिछले चार दिनों से हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी होने से राजधानी भोपाल सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है छिंदवाड़ा सिवनी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई

मद्यनिषेध दिवस पर आज रीवा में जागरूकता रैली निकाली गई